मुख्यमंत्री ने रेडियोवार्ता लोकवाणी में कहा कि आम जनता किसानों आदिवासियों और कमजोर तबकों का सशक्तिकरण छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की प्रमुख विशेषता प्रदेश में आज वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया मैराथन में हर वर्ग और उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन का एक डिप्टी कमांडेंट घायल हो गया मुख्यमंत्री बलरामपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बलरामपुर रामानुजगंज जिले के मुख्यालय बलरामपुर में आयोजित कार्यक्रम में लगभग दो सौ सैंतालीस करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया इन कार्यों में सड़क पुल पुलिया निर्माण सिंचाई शासकीय भवन पेयजल और बिजली सुविधा विस्तार के कार्य शामिल हैं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बलरामपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने के साथ ही चांदो और रघुनाथनगर को तहसील तथा डौरा कोचलि और बरियो को उप तहसील बनाने की घोषणा की इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल बलरामपुर विकासखंड के ग्राम महाराजगंज स्थित धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने किसानों से चर्चा कर धान खरीदी के संबंध में जानकारी ली मुख्यमंत्री ने धान खरीदी केन्द्र में मक्के की खरीदी के लिए भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं श्री बघेल ने ग्राम पंचायत जाबर स्थित आदर्श गौठान का भी अवलोकन किया उन्होंने किसानों द्वारा गौठानों में निर्मित वर्मी कम्पोस्ट का जैविक खेती के लिए अधिक से अधिक उपयोग किए जाने की भी बात कही वहीं मुख्यमंत्री कल और परसों सरगुजा सूरजपुर तथा बलौदाबाजार भाटापारा जिले के प्रवास पर रहेंगे इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे

मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में कहा कि आम जनता किसानों आदिवासियों और कमजोर तबकों का सशक्तिकरण छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की प्रमुख विशेषता है दो वर्षो में जनता की भावनाओं आकांक्षाओं उम्मीदों को आत्मसात कर शासन और प्रशासन को समाधान के विषयों में संवेदनशील बनाने का प्रयास राज्य सरकार ने किया है साथ ही नई सरकार ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देकर लोगों के मन में अपनी संस्कृति और अस्मिता को लेकर गौरव का भाव फिर से जगाया है मेरा मानना है कि बीते दो साल में हमने जो सबसे बड़ा काम किया वह है जनता की भावनाओं आकांक्षाओं सपनों उम्मीदों को आत्मसात करना शासन और प्रशासन को समाधान के विषयों में संवेदनशील बनाना

हमने यह प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ का जन जन अपने सपनों और अपने लक्ष्यों को लेकर मुखर हो जाए हमने यह देखा कि छत्तीसगढ़वासियों का खोया हुआ आत्मविश्वास किस तरह जल्दी से जल्दी लौट आए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए कर्जमाफी धान खरीदी सुराजी गांव राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना जैसी अनेक योजनाएं लागू की जिनसे गांवों को निरंतर शक्ति मिल रही है इसके साथ ही राज्य सरकार की नीतियों का उद्योग और व्यापार जगत में भी सकारात्मक असर दिखा

मनरेगा वनोपज खरीदी जैसी योजनाओं से बेरोजगारी की दर घटाकर दो प्रतिशत तक लाने का छत्तीसगढ़ में उदाहरण पेश किया औद्योगिक इकाईयों में भी पन्द्रह हजार करोड़ रूपए का पूंजी निवेश हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला उन्होंने कहा कि कृषि और वानिकी उपजों में वेल्यू एडीशन के राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयासों से प्रदेश की समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे

हम चाहेंगे कि हमारी नई औद्योगिक नीति से आदिवासी अंचलों में भी तेजी से उद्योग लगे और क्षेत्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त हो वहीं रोजगार के नए नए अवसर बने संसद भवन शहीद श्रद्धांजलि संसद भवन पर वर्ष दो हजार एक में कायरतापूर्ण आतंकी हमला विफल करने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को राष्ट्र आज श्रद्दांजलि अर्पित कर रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संसद भवन की रक्षा करने वाले शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की राष्ट्रपति ने कहा है कि देश उन वीर शहीदों का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता है जिन्होंने वर्ष दो हजार एक में आज ही के दिन संसद भवन की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये थे उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों की वीरता और बलिदान का हम सदा याद रखेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा राष्ट्र उन शहीदों का ऋणी रहेगा लोकसभा अध्यक्ष ने भी उन सुरक्षाकर्मियों और संसद के अधिकारियों को याद किया जन्होंने लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहति दी थी रेल आरक्षण रेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों त्यौहारी विशेष रेलगाड़ियों और जुडवां विशेष रेलगाड़ियों के पूर्ण आरक्षित रेलगाड़ी परिचालन संबंधी नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है मंत्रालय का कहना है कि मीडिया के एक वर्ग में अनारक्षित टिकट जारी करने संबंधी कुछ रिपोर्ट आई है रेल मंत्रालय ने कहा है कि जोनल रेलवे को कुछ मंडलों में चल रही स्थानीय यात्री रेलगाड़ी और शहर के बाहरी इलाकों में चल रही रेलगाड़ियों के लिए अनारक्षित टिकट की अनुमति दी गई है अन्य सभी रेलगाड़ियां पूर्ण आरक्षण व्यवस्था पर ही चलेंगी वर्चुअल मैराथन छत्तीसगढ़ में आज वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया इस दौड़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित जनप्रतिनिधियों अधिकारियों कर्मचारियों और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया मैराथन में भाग लेने के लिए सत्तर हजार से अधिक प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया था मैराथन दौड़ में प्रदेश के सभी जिलों में हर वर्ग और उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई खेल युवा कल्याण और जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित वर्चुअल मैराथन में प्रतिभागी कोरोना संक्रमण के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शामिल हुए प्रतिभागियों ने अपने घरों उद्यान मैदान सड़क सहित अन्य स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दौड़ लगाई और दौड़ते हुए कुछ सेकेण्ड का वीडियो या फोटो हैशटैग रन विथ छत्तीसगढ़ के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड की फेसबुक और ट्वीटर पर यह हैशटैग दिनभर ट्रेंड करता रहा वर्चुअल मैराथन के लिए सुबह छह से ग्यारह बजे तक का समय निर्धारित किया गया था

केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूरी मजबूती के साथ मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखते हुए किसानों से चर्चा के लिए तैयार हैं सुश्री पांडेय ने दुर्ग में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि किसानों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से गहन अध्ययन कर इस कृषि कानून को बनाया गया है और केन्द्र सरकार कृषि कानून को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है

चालू खरीफ विपणन वर्ष में अब तक सत्रह लाख मीटरिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है इस दौरान प्रदेश के चार लाख नब्बे हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है वहीं मिलरों द्वारा खरीदी केन्द्रों से लगभग सत्ताईस हजार मीटरिक टन धान का उठाव कर लिया गया है इस बीच दुर्ग संभाग के आयुक्त टीसी महावर ने डोंगरगढ़ विकासखंड के अछोली स्थित धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली आयुक्त ने कहा है कि धान खरीदी में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी राजनांदगांव जिले के घुमका तथा पटेवा धान खरीदी केन्द्र के दो प्रभारियों और दो कम्प्यूटर ऑपरेटरों को वहीं कार्य में अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है उधर मुंगेली जिला कलेक्टर ने बेमौसम बारिश से धान को सुरक्षित रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को धान खरीदी कोन्द्रों में कैप कवर की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं कृषि उत्पादन आयुक्त गौठान निरीक्षण कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता ने बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड में विभिन्न गौठानों का निरीक्षण कर वहां संचालित गतिविधियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए डॉक्टर गीता ने गौठानों में स्व सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यो की सराहना भी की कृषि उत्पादन आयुक्त ने ग्राम सेलर स्थित गौठान पहुंचकर गोबर खरीदी और वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन की जानकारी ली उन्होंने धौरामुड़ा के गौठान का भी निरीक्षण किया और स्व सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की इस गौठान में वर्मी कम्पोस्ट के साथ साथ दोना पत्तल निर्माण मुर्गीपालन गोबर कण्डा निर्माण सहित अन्य गतिविधियां प्रारंभ की जा रही हैं

कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सोलह सौ बत्तीस नये मरीजों की पहचान की गई राज्य में वर्तमान में कोरोना पॉजीटिव अट्ठारह हजार से अधिक लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्रुव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कोबरा दो सौ आठवीं बटालियन के जवान किस्टारम इलाके में गश्त पर निकले थे इसी दौरान माओवादियों ने जवानों को निशाना बनाते हुए आईईडी विस्फोट कर दिया जिसकी चपेट में आने से एक डिप्टी कमांडेंट घायल हो गया बस्तर आईजी निरीक्षण दंतेवाड़ा जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्र अरनपुर जगरगुंडा में चल रहे सड़क निर्माण कार्यो का बस्तर आईजी सुंदरराज पी दंतेवाड़ा तथा सुकमा जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया पुलिस अधिकारी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अरनपुर होते हुए कमारगुड़ा पहुंचे इस मौके पर बस्तर आईजी ने सिविक एक्शन कार्यक्रम में शामिल होने आए ग्रामीणों से चर्चा कर समस्याएं सुनीं और उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया कार्यक्रम में ग्रामीणों को जरूरी सामग्री भी वितरित की गई मावा कैंटीन बस्तर के माओवाद प्रभावित अंदरूनी और दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात जवानों का हौसला बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं इसी कड़ी में कोंडागांव जिले में मावा कैंटीन की शुरूआत की गई है इस कैंटीन के माध्यम से अंदरूनी इलाकों में पदस्थ जवान दैनिक उपयोग के सामान ऑडर कर मंगवा सकते हैं इतना ही नहीं उन्हें इन सामानों की खरीदी पर सब्सिडी भी दी जाएगी पुलिस जवानों को तनाव से मुक्ति दिलाने और बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को लेकर स्पंदन कार्यक्रम के तहत इस कैंटीन की शुरूआत की गई है ऊर्जा संरक्षण सेल्फी ई प्रतियोगिता ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा द्वारा ऊर्जा संरक्षण के प्रति अपने योगदान को प्रदर्शित करने के लिए कल चौदह से बीस दिसंबर तक सेल्फी ई प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा इसके तहत प्रथम श्रेष्ठ सेल्फी पोस्ट करने वाले दो सौ प्रतिभागियों को पांच सौ रूपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश के फेसबुक यूजर्स अपना पंजीयन बीस दिसंबर तक करा सकते हैं प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा पंजीयन के लिए क्रेडा के फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपना विवरण अंकित करना होगा इमली चस्का सुकमा का इमली चस्का छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों को भी लुभा रहा है ट्राइबल इंडिया ई मार्केट प्लेस के तहत छत्तीसगढ़ से एकमात्र सुकमा जिले के इमली चस्का को भी लॉन्च किया गया था इसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं और दिनों दिन मांग बढ़ती ही जा रही है अरण्या प्रसंस्करण सहकारी समिति द्वारा बनने वाले इमली चस्का को अब तक दिल्ली मुंबई जयपुर और कोलकाता सहित कई अन्य शहरों में भेजा जा चुका है जिससे समिति को करीब डेढ़ लाख रूपये की आमदनी भी हुई है समिति के प्रबंधक ने बताया कि हाल ही में रायपुर के अलावा दिल्ली और विशाखापट्नम के लिए भी इमली चस्का भेजा गया है संक्षिप्त समाचार कोरिया जिले के ग्राम बैरागी और कठौतिया के पास हुई दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई बालोद जिले में गुंडरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम मोंगरी में एक सेवानिवृत्त शिक्षक से करीब साढ़े पांच लाख रूपये की ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है